नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पडेगा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा एमएसपी कार्यक्रम के आधार पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

पौधों की देखभाल का कार्य भी मनरेगा के तहत किया जाएगा

प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है

इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता तथा कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी कोरोना की पहली डोज लगायी जा रही है राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इस सप्ताह उन सभी हैत्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है

इधर प्रदेश में कल कोरोना संकमण के नए मामलों और इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बराबर रही

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक़मों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी के कम होने का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवा का दबाव समाप्त होने के बाद पश्चिमी हवा चलने से आगामी दिनों में सर्दी का असर धीरे धीरे कम होगा